मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना से दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को भी इन धार्मिक स्थलों का दौरा करने में सुविधा मिलेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी माह के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रयास किए जायेंगे

राज्य महिला आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली में दक्षता लाने और स्थानीय स्तर पर महिलाओं को सुविधा देने के लिए शिकायत संबंधी कार्यों का जिलावार आबंटन किया है आयोग के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर ऊना और हमीरपुर के लिए इंदुबाला लाहौलस्पीति कुल्लू व मंडी के लिए मंजरी नेगी जबकि कांगड़ा व चम्बा के लिए सुषमा भट्ट को महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए लगाया गया है महिलाएं अपनी शिकायतों की जानकारी सलाह और व्यक्तिगत परिचर्चा के लिए इनसे संपर्क कर सकती हैं क्षेत्रीय अस्पताल ऊना की रोगी कल्याण समिति की गर्वर्निंग बॉडी की एक बैठक कल उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में हुई

इस दौरान अस्पताल परिसर में वर्षा शालिका के साथ ग्रीन पार्क स्थापित करने और रोगियों व उनके तीमारदारों के बैठने की उचित व्यवस्था के लिए चार लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय में कल से एनएसएस शिविर लगाया गया है

स्कूल के प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ करते हुए छात्राओं को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई इस दौरान छात्राओं ने स्कूल परिसर व आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई की राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिंकाश भागों में आज बादल छाये हुए हैं हालांकि कांगड़ा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है जिला में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है जिससे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा रहा है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में छात्रवृति घोटाले से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है डेढ़ सौ करोड़ के छात्रवृति घोटाले पर केंद्र सरकार ने तलब की रिपोर्ट अब प्रदेश के तकनीकी शिक्षा महकमें ने भी शुरू की मामले की जांच पंजाब केसरी का शीर्षक है करोड़ो के छात्रवृति घोटाले में केंद्रीय मंत्रालयों ने सरकार से किया जवाब तलब प्रछा कहां गया छात्रवृति का पांच साल का बजट दैनिक भास्कर लिखता है स्कॉलरशिप स्कैम जांच का फैसला कैबिनेट में टला केंद्र ने मांगा रिकॉर्ड

श्रीनयनादेवी आनंदपुर साहिब रोप वे निर्माण का रास्ता साफ शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल पंजाब की सरकारें नए सिरे से एमओयू हस्ताक्षर करने पर सहमत दैनिक जागरण ने खबर दी है हाई कोर्ट की सख्ती पर एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल खत्म अखबार की एक अन्य खबर है एचआरटीसी कर्मियों को अब नहीं होगी पेंशन की दिक्कत निगम की कमाई से दी जायेगी पेंशन एमबीबीएस में बाहरी हिमाचलियों के दाखिले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है बाहर रह रहे हिमाचलियों के बच्चों को एडमिशन से रोकने के लिए सरकार ने लिया ये फैसला आपका फैसला की एक खबर है आईआईटी कमांद में अनियमितताओं की जांच करेगी केंद्रीय टीम अमर उजाला लिखता है हाई कोर्ट ने बदले सरकार के दो फैसले पांगणा से निहरी शिफट नहीं होगा लोक निर्माण विभाग का उपमंडल कार्यालय व भाखड़ा बांध विस्थापितों के अवैध कब्जे हटाने पर रोक दैनिक भास्कर का शीर्षक है हिमाचल में तबादलों पर लग सकती है रोक ट्रिब्यूनल ने सरकार से मांगा जवाब

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के हवाले से दैनिक न्याय सेतू ने लिखा है केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनना जरूरी एक नजर सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय आपदा और तैयारी में लिखता है कि आपदा को रोका नहीं जा सकता पर समय रहते कदम उठाने से होने वाला नुकसान कम जरूर किया जा सकता है लेकिन ऐसा हिमाचल में नहीं हो रहा दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि सरकार अगर नए हिमाचल की संरचना में पर्यटन मनोरंजन आधुनिक बाजार व सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहती है तो निवेश की नीतियों को सरल बनाना होगा